गृहमंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस सम्बधी विस्तृत जानकारी आगामी दिनों में सांझी की जायेगी काबिले गौर है कि मंत्रालय ने बुधवार को तालाबंदी की स्थिति पर विस्तृत समीक्षा बैठक की थी अब तक हई तालाबंदी से कई लाभ हये है और स्थिति में सुधार हआ है प्रवक्ता ने कहा कि यह लाभ व्यर्थ न हो जाये ये सुनिश्चित करने के लिए तीन मई तक तालाबंदी के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जायेगा

वहीं गृह मंत्रालय ने कहा कि विभिन्न राज्यों में फसे सेलानियों तीर्थयात्रियों प्रवासी मज़द्रों और छात्रों को अनेक राज्यों में ले जाने की अनुमति दी गई है लेकिन इसके लिए राज्यों को शारीरिक दूरी जैसे सभी नियमों का पालन करने को कहा गया है

यह एप्प केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के दवा विभाग के अंतर्गत सार्वजनिक दवा उपक्रमों के ब्यूरो दवारा आम लोगों की सुविधा के लिए विकसित की गई है

भारतीय आयुर्विज्ञान अन्संधान परिषद के प्रम्ख वैज्ञानिक डॉ रमन आर गंगाखेडकर चर्चा में हिस्सा लेंगे

यह कार्यक्रम एफ एम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर रात नौ बज कर दस मिनट से सुना जा सकता है

जिन राज्यों में स्थिति सामान्य हो गई है वहां परीक्षायें जुलाई में होगी

हरियाणा के म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने नोवेल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पूर्ण एकज्टता दिखाने के लिए राज्य के वरिष्ठ नेताओं का आभार जताया है

बैठक में श्री हडडा ने कहा कि सरकार को राजकोषीय संकट के तहत कर्ज लेने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए

वहीं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने उम्मीद जताई कि अंतर राज्यीय आवागमन पर रोक लगाने से प्रदेश जल्द कोरोना म्क्त हो जायेगा

अम्बाला के सिविल सर्जन डॉ क्लदीप ने बताया कि नेगीटिव रिपोर्ट आने के बावजूद भी सात दिन बाद इनके दोबारा नमूने लेकर कर जांच की जायेगी

सिविल सर्जन डॉ सुरेन्द्र नैन ने आकाशवाणी संवाददाता को बताया कि कल डबवाली पहंचे इन श्रद्वाल्ओं की रिपोर्ट देर शाम तक आने की संभावना है इन्हे डबवाली महाविद्यालय में बने एकांतवास केन्द्र में रखा गया है जबकि दो संदिग्ध मरीज़ों को अलग कमरे में रखा गया है

स्वास्थ्य विभाग ने डॉ लवकेश क्मार ने बताया कि श्रूआती जांच में ये श्रदवाल् स्वस्थ लग रहे है अब इनके नमूने लेकर कोरोना के लिए जांच करवाई जायेगी

छुट्टी पाने वाले मरीज पंचकला और दो ग्रूग्राम से है

सिविल सर्जन डॉ जसजीत कौर ने बताया कि पंचकूला जिले में केवल एक मरीज़ स्वस्थ होना बाकी है

उन्होंने लोगों से अपील की कि कोरोना संक्रमण होने पर घबराये नहीं बल्कि स्वास्थ्य विभाग को सूचित करें हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद ग्प्ता ने आज औद्योगिक क्षेत्र अभय प्र में शारीरिक दूरी का पालन करते हये कोरोना से लड़ने वाले योदवाओं पुलिस कर्मियों सफाई कर्मियों और स्वैच्छिक कार्यकताऔ का पृष्प वर्षा कर स्म्मान किया उन्होंने इन योद्वाओं का प्रशस्ति पत्र स्रक्षा उपकरण किट एवं फल भैंट किये

जाने माले अभिनेता ऋषि कप्र का आज मुम्बई के चंदनवाड़ी शमशान घाट में प्रे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया